बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर नौ सौ निन्यानवे पहुंची

प्रदेश में सात दिनों में बनाये गये तीन लाख नये राशन कार्ड

कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए तैयार किये गये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई अन्य उपायों की घोषणा की गयी है इसमें तीन उपाय प्रवासी कामगारों और दो किसानों से संबंधित है इसके बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में जानकारी दी देश में आर्थिक गति को बल देने के लिए बीस लाख करोड रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गयी है पैकेज के अनुसार तीन करोड छोटे किसानों को चार लाख करोड़ रुपये के कर्ज पर ब्याज के भुगतान में इकतीस मई तक की मोहलत दी गयी है वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि इससे संकट के दौरन में किसानों का फायदा होगा

रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों और फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए पांच हजार करोड रुपये की ऋण सुविधा की घोषणा की गई है श्री ठाकुर ने कहा कि इससे रेहडी पटरी वाले पचास लाख व्यापारियों को दस दस हजार रुपये की कार्यशील पूंजी दी जाएगी

क्योंकि किसी को चाय बेचनी है सब्जी बेचनी है कुछ और बेचना है एक महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से पुनर्वित्त सुविधा की व्यवस्था की गई है वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों के जरिये किसानों को लाभ मिलेगा

और ये सारा पैसा स्टेट कॉपरेटिव बैंक डिस्टिक कॉपरेटिव बैंक रिजन्ल रूरल बैंक इनके माध्यम से राज्य को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके

जो नेशनल फुड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उनकी बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है वो भी इससे वंचित न रह जाएं

वित्त राज्य मंत्री ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रवासी मजदूर देश में किसी भी स्थान पर राशन ले सकेंगे

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजद्रों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की है

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा जोकि हमारे अब के बने घरों को भी उसमें इनक्लूड कर सकती है उद्योगपति अपनी जमीन पर बनाना चाहें तो उनकों भी इन्सेंटिवाइज करके करेंगे ताकि वो भी अपने काम करने वाले मजदूरों के लिए अपने फैक्ट्री या उसके आस पास रहने की व्यवस्था बनाए या राज्य की सरकारों को उनकी एजेंसियों को हम लाम देंगे ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविघाएं तैयार करके दें वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि किसानो मछली और पशुपालकों के लिए सस्ता क्रेडिट उपलब्ध कराया जायेगा

और इसमें किसानों के साथ साथ मछुआरों को पशुपालकों को इनको भी इसका लाम मिलेगा और इससे उनके आय के साधन भी बढ़ेंगे बिहार चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने विशेष पैकेज में एमएसएमई क्षेत्र के लिए घोषित उपायों का स्वागत किया है

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में छियालीस नये मरीजों के मिलने के साथ कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर नौ सौ निन्यानवे हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पिछले दो सप्ताह में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगभग पैंतालीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है उन्होंने कहा कि पूर्णिया में आठ लखीसराय और खगड़िया में छह छह जहानाबाद में पांच नालंदा मुजफ्फरपुर और बांका में तीन तीन शेखपुरा वैशाली सुपौल और रोहतास में दो दो तथा नवादा भागलपुर भोजपुर और किशनगंज जिले में एक एक नये मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक मुंगेर जिले में एक सौ बाईस है जबकि पटना में निन्यानवें रोहतास में चौहत्तर नालंदा में छियासठ बक्सर में उनसठ बेगूसराय में छियालीस सिवान में अड़तीस खगड़िया में उनतालीस भागलपुर में चौंतीस और कैमूर जिले में तेंतीस मरीज है देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढकर इक्यासी हजार नौ सौ सत्तर हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन हजार से अधिक संक्रमित बढे हैं वहीं लगभग अठाइस हजार लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है इस महामारी से अबतक दो हजार छह सौ उनचास लोगों की जान गयी है विशेषज्ञों ने कोविड उन्नीस महामारी के प्रसार रोकने में सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे महत्वपूर्ण बताया है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने आकाशवाणी से बातचीत के दौरान कहा कि देश में कोविड़ उन्नीस के प्रकोप को रोकने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए

यह वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने के लिए हमें यह आवश्यक है कि दो मीटर का फासला रखें एक दूसरे के बीच में खास करके जब हम घर के बाहर जाते हैं मार्केट में या ऑफिस में काम करना फिर शुरू कर देते हैं अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने लोगों को सलाह दी कि कोविड उन्नीस के प्रकोप को रोकने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी और बार बार हाथ धोने के मानक का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए

फ्रेशली जहां पर हॉट स्पॉट हैं दूसरा मैं यह कहूंगा कि सोशल डिस्टैसिंग हैंडवाशिंग भी हम पूरी तरह से करें हम एक नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वह थ्रूकना हुआ चाहे वह सोचल डिस्टेसिंग हो चाहे जब भी घर आएं तो हाथ धोएं जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़कर मिलें और हैंडवाशिंग रेगुलरती करें प्रदेश में पिछले सात दिनों में तीन लाख नये राशन कार्ड बनाये गये हैं सूचना और जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अभी जारी है उन्होंने कहा कि सभी राशन कार्डधारियों के खाते में एक एक हजार रूपये भेजे जा रहे हैं सचिव ने कहा कि प्रदेश में लॉक डाउन के दौरान करीब दो करोड़ मानव कार्यदिवस स्रजित किये गये हैं इधर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि विभिन्न प्रदेशों से लौटे कामगारों को बिना राशनकार्ड के दो माह तक हर महीने पांच किलो चावल और एक किलो दाल दी जायेगी उन्होंने पटना में कहा कि किसानों के साथ विशेष अभियान चलाकर पशुपालकों और मछुआरों को भी केसीसी का लाभ दिया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों में तुरंत कोरोना की जांच शुरू कराये जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने क्वारेंटाइन सेंटरों में बेहतर नागरिक सुविधाएं और पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि टेस्टिंग की व्यवस्था तेज होने से संक्रमण के प्रसार को रोकने में सहायता मिलेगी उन्होंने क्वारेंटाइन की अवधि खत्म होने के बाद कामगारों को उनकी योग्यता के अनुसार काम देना का निर्देश दिया है बिहार में प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला जारी है विशेष श्रमिक ट्रेन से ये कामगार अपने गृह जिलों तक पहुंच रहे हैं राज्य सरकार और रेलवे के समन्वय से इन गाडियों का परिचालन किया जा रहा है सरकार ने कहा है कि आज बत्तीस विशेष रेलगाडियों से लगभग सैंतीस हजार कामगार राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेंगे जहां से उन्हें स्वास्थ्य जांच के बाद क्वारंटिन केंद्रों में भेजा जायेगा कल चौंतीस श्रमिक स्पेशल ट्रेन से इक्यावन हजार लोग अपने गृह जिलों तक पहुंचे थे इधर जो कामगार ट्रेन से पहुंच रहे हैं उन्हें उनके गृह जिलों तक पहुंचाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें विभिन्न जिलों तक पहुंचा रही है परिवहन विभाग के अनुसार कल अठाईस बसों का परिचालन किया गया कृषि मंत्रालय ने कहा है कि प्रर्णबंदी के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब सवा नौ करोड़ किसान परिवारों को अठारह हजार पांच सौ सत्रह करोड़ रुपये वितरित किये गये लॉकडाउन में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है दरभंगा और सीतामढ़ी जिले के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत मदद मिलने से बहुत राहत मिली है

उन्होंने वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वीएलई योजना की समीक्षा के दौरान पटना जिले के कई लोगों से बातचीत की उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के दौरान आ रही परेशानियों को दूर करने का हरसंभव प्रयास सरकार कर रही है रोहतास जिले में दो व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद कुल मरीजों की संख्या सतहत्तर हो गयी है इसमें एक की मौत हुई है और इकतालीस ठीक होकर घर जा चुके हैं पैंतीस लोगों का अभी इलाज चल रहा है इधर दिल्ली और पटियाला से दो विशेष ट्रेन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर राज्य के प्रवासी कामगारों को लेकर पहुंची स्वास्थ्य जांच भोजन पेयजल उपलब्ध कराने के बाद इन सभी यात्रियों को बस के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया अखबारों की सुर्खियां अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है अखबारों ने आर्थिक पैकेज के विभिन्न आंकड़ों और घोषणाओं को ग्राफिक्स के रूप में प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में आयी तेजी से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है बिहार में सात दिनों में बने तीन लाख नये राशन कार्ड दैनिक भास्कर ने कोरोना संक्रमण प्रसार से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है भारत में चीन के बराबर हुए कोरोना मरीज आज ग्यारहवां सबसे संक्रमित देश बन जायेगा दैनिक जागरण ने कार्यालयों की कार्यशैली में आ रहे बदलाव से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाते हुए लिखा है केन्द्र सरकार के कर्मियों के लिए भी लागू होगा वर्क फ़ाम होम प्रभात खबर की सुर्खी है नियमित ट्रनों में तीस जून तक के बुक टिकट रद्द राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है गांव में संक्रमण फैलने से रोकने बहुत जरूरी दैनिक आज की सुर्खी है पांच हजार चार सौ पच्चीस विद्यालयों में होगी शिक्षकों की बहाली

बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर नौ सौ निन्यानवे पहुंची

प्रदेश में सात दिनों में बनाये गये तीन लाख नये राशन कार्ड